इससे पहले इक्कतीस साल पुरानी नौ शिलाओं का पूजन किया गया चांदनी की इटों को भी पूजा गया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन किए श्री मोदी रामलला के दर्शन और हनुमान गढ़ी जानेवाले देश पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री ने प्रधानशीला के प्रजन के पश्चात अष्टउपशीला का प्रजन किया इसके पश्चात कुल देवी के साथ ही सभी देवियों का प्रजन किया गया जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय इतिहास के सबसे लंबे भूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल फरवरी में श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दी थी ट्रस्ट को राम मंदिर के निर्माण और इससे संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था

पूरा भारत आज राममय हो चुका है और देश के प्रत्येक व्यक्ति भावुक हो गया है सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ है रामंमदिर के लिये कई पीड़ियों ने संघर्ष किया है वर्षो से प्रतीक्षारत श्रीराम मंदिर का निर्माण श्रू होगा

लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम दो दशमलव एक शुन्य प्रतिशत है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृत्यू दर में लगातार कमी आ रही है उन्होंने कहा कि अब तक दो करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है कई राज्यों ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटिजन टेस्ट की क्षमता में वृद्वि की है

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में कोविड महामारी से करीब पचास प्रतिशत मौत साठ वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हई है

एक महिना पहले यह दर चौहतर प्रतिशत के आसपास थी राज्य में अबतक चौदह हजार सत्तर कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें से पांच हजार एक सौ निनयान्बे लोग अबतक स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार सात सौ बियालीस पहंच गयी है राज्यभर में अबतक कोरोना से एक सौ उनतीस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दूसरी ओर पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्यभर में तीन सौ निनयान्बे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं नये मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के अड़सठ पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के तिरेपन तिरेपन गोड्डा के चौवालीस खूंटी के अठाइस पाकुड़ के पच्चीस दुमका के बाइस लातेहार के बीस कोडरमा के सत्रह गढ़वा के चौदह सरायकेला के बारह हजारीबाग के दस पश्चिमी सिंहभूम के नौ बोकारो के आठ सिमडेगा के सात लोहरदगा के चार गिरिडीह के तीन और चतरा और गुमला के एक एक मरीज शामिल हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन और पिता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिब् सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है

ग्रामीण विकास सचिव ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक गांव में मनरेगा से योजनाएं संचालित की जाएं और श्रमिकों को काम मुहैया कराया जाए मनरेगा आयुक्त सिद्वार्थ त्रिपाठी ने कहा कि बागवानी कार्य के तहत पौधारोपण शुरू कर दिया गया है जिससे आने वाले समय में राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढेगा उन्होंने बताया कि जल संरक्षण योजना के तहत टीसीबी मेडबंदी कंपोस्ट पिट की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं

विश्वविद्यालय प्रशासन ने चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन होगा नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करने की अंतिम तिथि उन्नीस अगस्त निर्धारित की गयी है जबकि चयनित विद्यार्थियों की पहली सूची बीस अगस्त को जारी की जायेगी वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के योगा विभाग में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी योगा कोर्स में नामांकन के लिए विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध कराया गया है योगा कोर्स में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इकतीस अगस्त निर्धारित की गयी है

श्री भोक्ता चतरा में एक निजी अस्पताल के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि तकरीबन छह लाख अड़सठ हजार बेरोजगारों को पंजीकृत किया जा चुका है और राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार कर रही है

इसे लेकर रांची के मंदिरों में विद्यत सज्जा की गयी है हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया कि खूंटी और बुंडू के इलाकों में मिठाई द्कानों पर चहल पहल देखी जा रही है जमशेदप्र संवददाता ने बताया कि जमशेदप्र के सिद्धगोड़ा स्थित राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव की विशेष तैयारी की गयी है

खंड विकास परिषद के अध्यक्ष स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित कार्यों की पहचान कर सकते हैं

समिति यह तय करेगी कि श्रद्वालुओं को किस तरह मंदिर में दर्शन कराया जाए जैसा कि आपको मालुम है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रावणी मेला और कांवर यात्रा के लिए मंदिर खोले जाने की मांग की थी लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण मंदिर में रोक को सही माना था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड हाई कोर्ट के तीन जुलाई के आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया था लेकिन आदेश में यह कहा गया कि बैद्यनाथ धाम में श्रद्वालुओं के दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमित संख्या में शारीरिक दूरी के साथ लोगों को इजाजत दी जानी चाहिए

कई स्थानों पर हवन यज्ञ कीर्तन किए जा रहे हैं विशेष हवन का आयोजन हजारीबाग में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में वेद पढ़ने वाली छात्राओं ने भी भाग लिया